मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल तेईस जून को प्रदेश के एक दिवसीय प्रवास के दौरान इंदौर और राजगढ़ जिलों में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे इस अवसर पर आयोजित कार्यकम में वे प्रदेश को चार हजार सात सौ तेरह करोड़ से अधिक के कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री इन्दौर में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे के विजेताओं को सम्मानित करने के साथ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी नगरीय परिवहन योजना सूत्र सेवा का शुभारंभ भी करेंगे यह सेवा प्रदेश के बीस चुनिंदा शहरों में प्रारंभ की जा रही है इसके प्रारंभ होने से भोपाल इन्दौर जबलपुर छिन्दवाड़ा नगरनिगम गुना और भिंड नगरपालिका क्षेत्र में एक सौ सत्ताईस बसों का संचालन प्रारंभ हो जायेगा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाख से अधिक हितग्राही भी लाभान्वित होंगे

प्रधानमंत्री इन्दौर के अलावा राजगढ़ के नजदीक मोहनपुरा में सिचाई परियोजना की भी शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है बाहर से अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाकर तैनात किया गया है विकास दर केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि बड़ी जनसंख्या के लाभों और विकास आकांक्षी मंध्य वर्ग के कारण देश की वृद्धि दर दहाई आंकड़े तक पहुंचना असंभव नहीं है श्री गोयल ब्रिटेन भारत नेतृत्व् सम्मेलन के समापन समारोह को नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार जिस तरह बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है उससे आर्थिक वृद्धि को दोहरे अंक तक ले जाने में मदद मिलेगी वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो गौरवशाली स्थान प्राप्त किया है वह पहले कभी नहीं था श्री गोयल ने कहा भारत हर प्रकार से वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक से अधिक आकर्षक स्थल बनता जा रहा है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज में बदलाव लाने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करने की जरूरत है

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नये भारत का सपना भी इसी तरह पूरा किया जा सकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए लागू की गई है पुरस्कार प्रदेश के स्मार्ट सिटी भोपाल और जबलपुर में पांच श्रेणियों में स्मार्ट सिटी अवार्ड हासिल किये हैं केन्द्रीय आवासीय और शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा घोषित पुरस्कारों में भोपाल शहर को तीन और जबलपुर शहर को दो श्रेणियों में ये पुरस्कार मिले हैं नगरीय विकास और आवास मंत्री माया सिंह ने पुरस्कार प्राप्त होने पर स्थानीय नागरिकों अधिकारियों जनप्रतिनिधियों और स्मार्ट सिटी अमले को बधाई दी है उन्होंने कहा कि राज्य में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बेहतर काम हो रहा है और इसमें अधिक गति लाई जायेगी भोपाल शहर को पल्बिक बाइक शेयरिंग समेकित कमान नियंत्रण केन्द्र और इन्क्यूवेशन सेंटर की श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं वहीं जबलपुर को स्मार्ट क्लासरूम और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं शिक्षक पुरस्कार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन के नये दिशा निर्देश जारी किये हैं मंत्रालय ने एक सूचना में कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक पुरस्कारों के लिए अपनी प्रविष्टियां सीधे भेज सकते हैं सभी आवेदन ऑनलाइन वेब पोर्टल कर्के जरिए स्वीकार किये जायेंगे इस पोर्टल का प्रबंधन भारतीय प्रशासनिक कर्मी महाविद्यालय करेगा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय निर्णायक समिति पुरस्कारों के लिए शिक्षकों का चयन करेगी

रिजर्व बैंक ने इस कार्य के लिए समय सीमा तय की और एटीएम मशीनों में सुरक्षा विधियां दुरुस्त करने की दिशा में धीमी प्रगति को गंभीरता से लिया है एटीएम मंशीनों के जरिए धोखाघड़ी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा के नए निर्देश जारी किए हैं रिजर्व बैंक की समय सीमा के अनुसार बैंकों को अगस्ता तक सुरक्षा के कई उपाय करने होंगे और इसके लिए अपनी एटीएम मशीनों में तकनीकी बदलाव करने होंगे यह काम अगले साल जून तक चरणबद्व रूप से पूरा किया जाना है इस साल फरवरी के अंत तक देशभर में दो लाख छह हजार एटीएम थे कल जारी रिजर्व बैंक के परिपत्र में कहा गया है कि सुरक्षा उपायों में ढिलाई से बैंक ग्राहकों के हितों पर प्रतिकल प्रभाव पड़ सकता है और इससे बैंकों की छवि ध्रमिल होगी बैंकों से कहा गया है कि रिजर्व बैंक के परिपत्र पर अपने निदेशक बोर्ड की अंगली बैठक में चर्चा करें और सुरक्षा उपायों की कार्ययोजना तैयार कर जुलाई तक रिजर्व बैंक को बताएं स्कूल टेस्ट प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तीसरी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की दक्षता आंकलन के लिए पच्चीस जून को परीक्षा आयोजित की जायेगी ये परीक्षा एक लाख ग्यारह हजार से अधिक सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में चौवन लाख विद्यार्थियों की दक्षता आंकलन के लिए होगी इस परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों की हिन्दी पढ़ने और समझने की क्षमता के साथ ही गणित विषय में जोड़ गुना भाग बिन्दुओं पर क्षमता का आंकलन किया जायेगा इस परीक्षा पर केन्द्रित फोन इन कार्यकम कल दिन में ग्यारह से बारह बजे के बीच आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा इस परीक्षा के बाद शैक्षणिक सुधार के लिए कार्ययोजना तैयार की जायेगी

पहले ये परीक्षा अट्ठाईस जून को होनी थी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन अभियान में शिक्षकों के प्रशिक्षण और डीएलडी की परीक्षा के कारण तारीख में बदलाव किया गया है

वाणिज्य समूह की परीक्षा दोपहर दो बजे से साढ़े तीन बजे तक होगी रोजगार मेला प्रदेश के विभिन्न जिलों में कौशल और रोजगारों मेलों का आयोजन किया जा रहा है धार जिले में आज होने वाले मेले के लिए पांच हजार से अधिक युवाओं ने पंजीयन कराया है इस मेले में इन्दौर और पीथमपुर सहित प्रदेश की पच्चीस से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं इस मौके पर युवाओं को कौशल विकास संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया जायेगा प्रदेश के पश्पालन और धार जिले के प्रभारी अंतरसिंह आर्य मेले का शुभारंभ करेंगे इसके पूर्व सीहोर खंडवा और बालाघाट में सम्पन्न रोजगार मेलों में बड़ी संख्या में कंपनियों ने युवाओं को नौकरी के लिए चयन किया सीहोर में तीन सौ अड़तालीस खंडवा में सात सौ सोलह और बालाघाट में तीन सौ उन्यासी युवाओं को रोजगार हासिल हुआ मौसम प्रदेश के कई क्षेत्रों में धूप के साथ ही बादलों के छाने से उमस भरी गर्मी पड़ रही है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित है लोगों को मानसून के आने का इन्तजार है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में बारिश होने की संभावना है राजधानी भोपाल में कल शाम कई इलाकों में मामूली बारिश हुई तापमान में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई खंडवा जिले में कल कई क्षेत्रों में बारिश हुई वहीं बिजली गिरने से एक चरवाहे की मौत हो गयी गुना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान होते दिखे